केन्द्रीय सूक्ष्म लघु एव मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इन उद्यमों के मौजूदा ऋण थांचे की एक मुश्त प्नर्सरचना का फैसला किया है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणवी संस्कृति व विरासत को ग्रामीण स्तर से प्रोत्साहित किया जायेगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नर्सिंग सम्दाय के योगदान से ही आय्ष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की सफलता स्निश्चित होगी श्रीकोविंद ने कहा है कि देश में कुशल नर्सो की काफी मांग है और इसके लिए प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों की भी जरूरत है राष्ट्रपति ने कहा कि इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने शिक्षा और नर्सिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उइायें है वे आज नई दिल्ली में सर्वोतम नर्सिंग कर्मियों को फलोरेंस नाईटिंगगेल प्रस्कार प्रदान करने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों केा गुणवतापूर्ण और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवायें उपलब्ध कराने के लिए आय्ष्मान भारत की श्रूआत की है

केन्द्रीय सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों के मौजूदा ऋणों को एक मुश्त प्नर्सरचना की इजाजत देने का फैसला किया है

इस निर्णय से सूक्षम लघ् एवं मध्यम उद्यम खातों की सार्थक प्नर्सरचना में सुविधा होगी

मंत्री ने बतायाकि पिछले महीनें यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने उच्चतम न्यायालय में एक हल्फनामा दायर किया था हरियाणा सरकार दवारा औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को उदयोगों के अन्रूप योग्य व क्शल बनाने के लिए प्रख्यात व्यापार संगठनों और औदयोगिक इकाइयों के माध्यम से प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है

उन्होंने कहा कि विभाग अगले साल प्रत्येक जिले में कम से कम पांच डीएसटी पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है

हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणवी संस्कृति एवं विरासत को ग्रामीण स्तर से जोडकर कलाकारों की कला कृतियों को बाजार से जोडऩे का काम करेगी

सरकार का लक्ष्य है कि लुप्त हो रही हमारी लोक परम्पराओं को फिर से जीवंत किया जाए ताकि आने वाली पी या भी इन से रुबरु हो सके उपम्ख्यमंत्री क्रूक्षेत्र में ब्रहमसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में विरासत हेरिटेज विलेज का अवलोकन करने के बाद बोल रहे थे उपम्ख्यमंत्री श्री चौटाला ने कहा कि विरासत हेरिटेज के माध्यम से जिस प्रकार हरियाणा की संस्कृति को प्रस्तुत किया गया है

इस तरह के आयोजन ग्रामीण कलाकारों की कला को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इस मौके पर विरासत हेरिटेज के संयोजक डा महासिंह पूनिया ने उपमुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला को विरासत हेरिटेज विलेज सिक्कों तथा हरियाणवी चित्रकला भवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी हरियाणा के बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल बना कर कार्य करें और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं उन्होंने कहा कि बिजली संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और शिकायत केन्द्रों पर लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुना जाए श्री रणजीत सिंह ने आज सिरसा में विभिन्न गांवों से आए लोगों की समस्याएं स्नी और अधिकारियों को त्रंत समाधान के निर्देश दिए बिजली मंत्री ने लोगों की पानी बिजली चिकित्सा शिक्षा सडक़ से संबंधित शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जिले में बिजली के श्रीले तारों व खंभों को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए श्री रणजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को विकास कार्यों विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और स्विधाओं का लाभ देना स्निश्चित करें ताकि कोई भी व्यक्ति इनसे वंचित न रहे हरियाणा सरकार ने कल से आठ दिसम्बर तक सभी जिलों में होने वाले गीता जयंती कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है

इसी तरह फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा फतेहाबाद में बिजली मंत्री रणजीत सिंह रोहतक में कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल और रेवाड़ीमें सहकारिता डा बनवारी लाल गीता जयंती कार्यक्रमों मे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे इसी प्रकार कौशल में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ांडा क्रूक्षेत्र में खेल एवं राज्य मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह नारनौल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव और झज्जर में श्रम मंत्री अनूप धानक म्ख्य अतिथि होंगे

अतिरिक्त उपायुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया कि जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के पहले दिन रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे जबकि सायंकालीन सत्र सांस्कृतिक संध्या में भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष स्भाष बराला म्ख्यातिथि होंगे उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा करेंगे